मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य सरकार के लिये किसानों और आम जनता का हित है सर्वोपरि

आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्पए लें मास्के पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सरदार बल्लभ भाई पटेल के एक सौ पैंतालिसवीं जयंती पर ग्जरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्वाजलि अर्पित करने में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी एकता दिवस परेड में भाग लेंगे और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलायेंगे गुजरात पुलिस बल केन्द्रीय रिजर्व सशस्त्र पुलिस सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला अधिकारियों के रायफल ड्रिल का भी निरीक्षण करेंगे भारतीय वायुसेना इस अवसर पर पलाइ पास्ट का संकल्प करेंगी एकता दिवस समारोह में केवड़िया में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री मोदी विभिन्न लोकसेवाओं के चार सौ अट्ठाईस प्रशिक्ष् अधिकारियों को भी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सम्बोधित करेंगे इन प्रशिक्षुओं का फाउन्डेशन कोर्स मसूरी के लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चल रहा है श्री मोदी अहमदाबाद में सारमती नदी तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सीपेन सेवा का शुभारम्भ करेंगे श्री मोदी कल एकता प्रतिमा के निकट क्रूज सेवा का भी उद्घाटन किया चालिस मिनट की ये क्रूज छः किलोमीटर की दूरी तय करेगी प्रधानमंत्री पैंतीस हजार वर्ग फिट में स्थापित एकतामाल इम्पोरियम का भी उद्घाटन किया इस इम्पोरियम में पूरे देश की हस्तशिल्प वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सुबह साढ़े नौ बजे इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे इसे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरण भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी प्रति वर्ष सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है अभी तक कई प्रख्यात राजनेता वैज्ञानिक और इतिहासकार यह व्याख्यान दे चुके हैं यह सिलसिला वर्ष उन्नीस सौ पचपन में शुरू किया गया था पहला व्याख्यान आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने दिया था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और ए पी जे अब्दुल कलाम तथा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अलावा प्रख्यात विद्वान डॉक्टर करण सिंह पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे तथा अरूण जेटली वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन प्रोफेसर एम जी के मेनन न्यायमूर्ति लीला सेठ पूर्व राजनयिक जे एन दीक्षित और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी यह व्याख्यान दे चुके हैं प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर तीन नवम्बर को होने वाले उप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि समी राजनैतिक दल रैलियों और समाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा नेता और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया यह सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है और अब यहां से उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में यहां चुनाव प्रचार किया था भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और पार्टी के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे मायावती प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित सर्वोपरि है कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो उन्होंने कहा कि जनता को उचित मूल्य पर दाल एवं सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं उन्होंने आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये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

उन्होंने आगामी त्यौहारों के मददेनजर राज्य में विभिन्न कारोबारी समूहों पर फोकस कोविड टेस्टिंग कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है श्री योगी ने कहा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग कार्य को पूरी सक्रियता से किया जाये इसके साथ ही पब्लिक ऐड्रस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोविड तथा संचारी रोगों से बचाव की जानकारी दी जाये उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अमियान के अन्तर्गत किये जा रहे जन जागरूकता कार्यों के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं उन्होंने आगामी ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हए निराश्रित लोगों को कम्बल वितरण का कार्य समय पर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विमाग को निर्देश दिये

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर इक्यानबे दशमलव एक पांच प्रतिशत से ज्यादा हो गई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान सत्तावन हजार से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं

राज्य में रिकवरी की दर बढ़कर तिरान्नबे प्रतिशत से अधिक हो गई है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले छत्तीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार दो सौ सैंतीस नये मामले सामने आये हैं वहीं एक दिन में दो हजार पांच सौ नब्बे मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने बताया कि कल से प्रदेश भर में मेंहदी आर्टिस्ट और ब्यूटी पार्लर के सभी कर्मचारियों की फोकस सैम्पिलिंग की जा रही है